प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कारोबारियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है नवाचार और स्टार्ट अप पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कारोबारियों का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा श्री मोदी ने आज बैंकॉक में कहा कि भारत ने कारोबार को सुगम बनाने संबंधी विश्व बैंक की अपनी रैंकिंग में सुधार किया है उन्होंने कहा कि भारत अब दो हजार चौबीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना साकार करने की दिशा में काम कर रहा है बैंकॉक में भारत आसियान शिखर बैठक के सोलहवें अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आसियान के साथ संपर्क भारत की एक्ट ईस्ट नीति और रणनीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है

भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी हमारे इंडो पैसिफिक रिजन का एक महत्वपूर्ण भाग है आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पालिसी का मर्म है और सदैव रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित संगठित और आर्थिक रूप से विकसित आसियान भारत के बुनियादी हित में है श्री मोदी ने कहा कि संपर्क का विस्तार और भारत आसियान एकीकरण एक्ट ईस्ट नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं बाईट प्रधानमंत्री हम और मजबूत सर्फेस मैरीटाइन और एयरक्नैक्टिविटी तथा डिजिटल लिंक के माध्यम से अपनी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है

हमारा इरादा अध्ययन अनुसंधान व्यापार और टूरिज्म के लिए लोगों के आवागमन को बहुत बढ़ाने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कृषि विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भागीदारी के लिए तैयार है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की तरह ही विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें राष्ट्रपति ने आज गंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए संस्थाओं से अपील की कि वे छात्रों को कुछ समय के लिए गांव में भेजें ताकि सामान्य जन की स्थिति बेहतर बन सके

इस जिम्मेदारी को निभाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहां के विद्यार्थी गांव और बस्तियों में लोगों के बीच कुछ समय बिताएं उनके समस्याओं के समाधान में हाथ बटाएं और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास करें श्री कोविंद ने विद्यार्थियों से कहा कि वे गांव वालों के साथ मिलकर स्वच्छता स्वास्थ्य टीकाकरण शिक्षा और पौष्टिक आहार की वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान आज संपन्न हो गया राजधानी पटना समेत प्रदेश की प्रमुख नदियों गंगा कोसी गंडक बागमती सोन के अलावा विभिन्न तालाबों जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भागवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया व्रतियों ने अपने घरों के बाहर तथा छतों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ्य दिया अर्घ्य देने के लिये सुबह से ही व्रती विभिन्न नदियों के घाटों जलाशयों और अस्थायी कुंडों के समीप पहुंचने लगे थे बड़ी संख्या में दूर दराज से आये व्रतियों ने पूरी रात नदियों के घाटों पर ही जागरण किया और सूर्योदय के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया इसके बाद व्रतियों ने पारण कर प्रसाद ग्रहण किया इस दौरान पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना रहा छठ गीतों से पूरा वातावरण गूंजायमान हो रहा था जिला प्रशासन विभिन्न छठ पूजा समितियां और स्वयं सेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की सुविधा और उनके स्वागत में जूटे रहे व्रत के समापन के बाद कई प्रजा समितियों की ओर से व्रतियों और अन्य श्रद्धालुओं के लिये जलपान की व्यवस्था की गयी मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन अपने आवास एक अण्णे मार्ग पर स्थित तालाब में पूरी श्रद्वा के साथ उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य और देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लाखों छठ श्रद्वालुओं के लिए सहयोगात्मक कार्य के लिए पुलिस प्रशासन और विभिन्न समाजिक संगठनों को धन्यवाद दिया है श्री मोदी ने एक ट्वीट कर निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने मेडिकल कैम्प लगाने और सुरक्षा प्रबंध के लिए पावर कॉरपोरेशन स्वास्थ्य विभाग तथा एनडीआरएफ की प्रशंसा की है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में पीने के पानी के संकट से निबटने के लिए खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा श्री नायड् ने आज चेन्नई में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सामुद्रिक संसाधन अर्थव्यवस्था में बडी भूमिका अदा करते हैं उन्होंने कहा कि नवाचार संयोजन तथा लीक से हटकर सोचने के तरीकों से समाज के समक्ष मौजूद विभिन्न समस्याओं का समाधान तलाशा जा सकता है शिवहर पुलिस ने पिछले अहाईस अक्टूबर को यूको बैंक में बत्तीस लाख रुपये से अधिक के नकद लूट मामले में छह अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने आज बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गयी रकम में से तीस लाख रुपये से अधिक बरामद कर लिये गये हैं श्री कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के अपराधियों ने मिलकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया था प्रदेश के विभिन्न जिलों में छठ पूजा के दौरान आज अलग अलग घटनाओं में अठारह लोगों की मौत हो गयी वहीं छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के बड़गांव में एक मंदिर की दीवार गिर जाने से दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये रोसड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन ने बताया कि उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान तालाब के किनारे स्थित मंदिर की दीवार गिरने से यह दुर्घटना हुई श्री सुमन ने बताया कि इस घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए हसनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध करा दी गयी है समस्तीपुर में ही अलग अलग थाना क्षेत्रों में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान ड्रब जाने से तीन अन्य लोगों की मौत हो गयी वहीं रोहतास बेगूसराय खगड़िया भागलपुर कटिहार जमुई पटना वैशाली भोजपुर पश्चिम चंपारण मुंगेर और लखीसराय जिले में अर्घ्य के दौरान विभिन्न घाटों और पोखरों में ड्रबने से एक दर्जन लोगों की मौत हो गयी छठ पूजा के बाद प्रदेश से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुये पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पटना दरभंगा और सहरसा से आनंद विहार टर्मिनल और नई दिल्ली स्टेशनों के लिये विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि पटना जंक्शन से दिल्ली के लिये सात और दस नवम्बर को विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा चार नवम्बर को दरभंगा जबकि पांच और आठ नवम्बर को सहरसा से दिल्ली के लिये ट्रेनों का परिचालन होगा वहीं छठ पर्व पर पटना आये श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये परिवहन निगम ने भी दिल्ली के लिये एक और विशेष वॉल्वो बस चलाने का फैसला किया है परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि यह बस चार नवम्बर से दिल्ली के लिये खुलेगी मुंगेर जिले के नगर थाना क्षेत्र के सादीपुर मुहल्ले में तीन दिन पूर्व पवन हत्याकांड मामले में पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक राइफल चार देशी पिस्तौल और चौबीस कारतूस भी बरामद किये गये हैं सहरसा जिले में पिछले सोलह अक्टूबर को एक व्यवसायी के ठिकाने में लूटपाट करने वाले पांच अपराधियों को पुलिस ने लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है शेखप्रा जिले के विभिन्न छठ घाटों पर महिला छठव्रतियों से सोने का चेन छीनने के मामले में पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है लखीसराय जिले के पीरी बाजार क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी कर कुख्यात नक्सली बिंद को गिरफ्तार किया है पश्चिम चंपारण के बगहा में गंडक नदी के किनारे दंगल का आयोजन किया गया इसमें राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के भी कई पहलवान शामिल हुए